इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीवन और पर्यावरण का संरक्षण भारत की संस्कृति में शामिल है और हम सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं श्री मोदी ने अपनी सरकार द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए देश भर में किये जा रहे कार्यों की चर्चा की उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं को स्थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर तार्किक तथा समानता के अधिकार के विरूद्व है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन की अनुमति के दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले पर कोई रोक नहीं है लेकिन केन्द्र ने पिछले एक दशक से इस पर अमल करने में बहुत कम रूचि दिखाई है सेना की महिला अधिकारियों ने फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान बसपा नेता लालजी वर्मा कानपुर देहात के मंगता गांव में विगत तेरह फरवरी को दो गुटों के बीच संघर्ष में पचीस लोगों के घायल होने का मामला उठाया इस पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा नेता द्वारा जो बातें रखी गयी हैं वह वास्तव में गांव का विवाद है और पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद मौके पर आवश्यक कार्यवाही की है गांव में प्रशासन कैम्प कर रहा है और शान्ति बनी हुयी है उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ तेरह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रशासन घायलों का उपचार करा रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून के तहत इन सभी पड़ितों को आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही प्रशासन स्तर पर चल रही है मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों और लक्ष्य का उल्लेख करते हुये कहा कि दो हजार बाईस तक बिना किसी भेदभाव के हर गरीब को छत देने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि गरीबों को शौचालय रसोई गैस और बिजली का कनेक्शन भाजपा सरकार द्वारा दिया गया है क्वानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा का मामला भी समाजवादी पार्टी द्वारा उठाया गया विपक्ष के नेता रामगोविंद चौघरी ने अखिलेश यादव की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया विघानसभा अध्यक्ष हृदय नाथ दीक्षित ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया तो सपा सदस्य प्रश्नकाल बाधित करने लगे इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया और उसके आसपास हुई हिंसक घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है आज नई दिल्ली में भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश की पुलिस और सुरक्षाबलों का विरोध करने वाली ताकतों का साथ देती है उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों का साथ देने वालों को इसका जवाब देना होगा कि पुलिस उस समय मूकदर्शक कैसे बनी रह सकती है जब दंगाई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हों श्री नरसिम्हा ने कहा कि यह ऐसा समय है जब सभी को संयम से काम लेना चाहिए और तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें कल से शुरू हो रही है परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिये लखनऊ में राज्य स्तरीय निगरानी और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है इस नियंत्रण कक्ष से पूरे प्रदेश के परीक्षा केन्द्रों पर नजर रखी जायेगी परिषद के अपर सचिव प्रशासन शिवलाल ने आज प्रयागराज में बताया कि राज्य के सभी पचहत्तर जिलों में एक एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है यह सभी नियंत्रण कक्ष राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष से सम्बद्द रहेंगे उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा में कुल छप्पन लाख सात हजार एक सौ अट्ठारह परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे इनमें तीस लाख बाईस हजार छ सौ सात हाईस्कूल के और पच्चीस लाख चौरासी हजार पांच सौ ग्यारह इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी शामिल हैं अपर सचिव ने बताया कि यह परीक्षा प्रदेश भर में सात हजार सात सौ चौरासी केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी हाईस्कूल की परीक्षायें अट्ठारह फरवरी से ग्रुरू होकर तीन मार्च तक और इण्टरमीडिएट की परीक्षायें उन्नीस फरवरी से शुरू होकर छः मार्च तक चलेंगी